श्री पॉल ने कहा कि अन्य दो वैक्सीन फिलहाल चिकित्सकीय परीक्षण के पहले और दूसरे चरण में हैं डॉक्टर हर्ष वर्धन ने गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के शिविर में दस बिस्तरों वाले एक अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया एनडीआरएफ ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद से ज्ड़े रुड़की के केंद्रीय भवन शोध संस्थान के सहयोग से इस अस्पताल का निर्माण किया है इसमें रोगियों को प्राथमिक स्वास्थ्य स्विधाएं स्रक्षा और आरामदायक माहौल मिलेगा यह वातान्कूलित अस्पताल अत्याध्निक स्विधाओं और मशीनों से स्सज्जित है

संतानवे नए मामलो में से तवांग और अपर स्बनसिरि जिले से चौबीस चौबीस राजधानी क्षेत्र ईटानगर से बाइस वेस्ट कामेंग जिले से सौलह चार मामले ईस्ट कामेंग से ईस्ट सियांग से दो और लोहित नामसाई कामले वेस्ट सियांग और लोवर सियांग जिले से एक एक मामले सामने आए है इन सभी मामलो में से सात सिम्टोमेटिक और बाकी सभी मामले एसिम्टोमेटिक पाया गया है

इस वायरस के कारण अब तक पांच लोगो की मृत्य् हो च्की है राज्य की रिकोवरी दर उनहत्तर दशमलव एक दो प्रतिशत हो गयी है

केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सीईटी में प्राप्त अंक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के साथ साझा किये जा सकते हैं उन्होंने कहा कि इससे उम्मीदवारों के चयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के धन और समय की बचत होगी साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे य्वाओँ को भी आसानी होगी श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीईटी में प्राप्त अंक एजेंसियों और संगठनों के साथ साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जैसी व्यवस्था की जा सकती है उन्होंने कहा कि इस बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भी कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क में हैं उन्होंने बताया कि अधिकतर म्ख्यमंत्री इस स्धार के पक्ष में हैं और लागू करने के लिए उत्स्क हैं

सभी सुझावों पर राष्ट्रीय शैक्षिक अन्संधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के विशेषज्ञों का दल विचार करेगा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है

प्रशिक्षण के बाद यह टीम जिले के विभिन्न इकाइयो से रेंडम सेंपल इकत्रित करेंगे इस संदर्भ में सभी सेक्तर और बाजार सेक्रेट्री से सेंपल कालेक्शन के दौरान टीम का सहयोग करने को कहा गया है